बजट सत्र राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधन के साथ संसद का बजट सत्र आज से शुरू होगा सभी सदस्य पहली बार संसद में तीन विभिन्न स्थानों पर बैठेंगे

शेष सांसद सुरक्षित दूरी बनाये रखने के कोविड नियमों के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा कक्ष में बैठेंगे सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने में राजनीतिक दलों का सहयोग लेने के लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है केन्द्रीय बजट एक फरवरी को पेश होगा प्रधानमंत्री डब्लूईएफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कोरोना के प्रभावी नियंत्रण ने मानवता को एक बहत बड़ी त्रासदी से बचाया है श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि महामारी से निपटने के लिए देश की क्षमता के बारे में शुरुआती गलतफहमी के बावजूद भारत सक्रिय और सह भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ा और कोविड विशिष्ट स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए काम किया उन्होंने कहा कि भारत ने महामारी से निपटने के लिए अपने मानव संसाधन को प्रशिक्षित किया और संक्रमण की जांच और उसका पता लगाने में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई जन आंदोलन के रूप में बदल गई और भारत अधिक से अधिक संख्या में अपने नागरिकों की जान बचाने में सफल रहा प्रधानमंत्री ने मानव जाति की भलाई के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए चौथी औद्योगिक क्रांति के बारे में भी बात की प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने अरबों रुपये की ढांचागत परियोजना और रोजगार के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू करके आर्थिक गतिविधि जारी रखी है

ये प्रतिबंध सभी अंतरराष्ट्रीय मालवाहक उड़ानों और डीजीसीए द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होगा हालाँकि सक्षम प्राधिकारी निर्धारित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को चुनिंदा मार्गो पर आवश्यकता के आधार पर अनुमति दे सकता है

डेटा एनालिटिक्स और स्कूलों की स्व घोषणा के आधार पर कम्यूटरीकृत संबद्धता प्रणाली भी कायम की जाएगी

आहार अनुदान योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जो विकास में सबसे पीछे और सबसे नीचे हैं उनका कल्याण राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है श्री चौहान सहरिया बैगा तथा भारिया जनजातियों की महिलाओं को आहार अनुदान योजना के अंतर्गत आहार भत्ते की राशि सिंगल क्लिक से अंतरण के कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा संबोधित कर रहे थे

भारत एनटीडी भारत उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों एनटीडी से लडने के लिए दुनिया के देशों के साथ एकता प्रदर्शित करने के लिए तीस जनवरी को कुतुबमीनार को रोशन करेगा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कम से कम ग्यारह उष्णकटिबंधीय रोग हैं जिनकी अनदेखी हुई है शारीरिक विकृति दुर्बलता और उदर विकार ऐसे ही रोग है और कई मामलों में बहत घातक भी हो सकते हैं राज्यपाल राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने महिला उद्यमियों का आव्हान किया है कि गरीब दूरस्थ और पिछड़े अंचलों की महिलाओं के साथ जुड़े श्रीमती पटेल कल कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट की महिला विंग द्वारा सेनेटरी नेपकिन लांचिग कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में ऑन लाइन राजभवन लखनऊ से संबोधित कर रहीं थीं उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्र की महिलाओं की समस्याओं के समाधान में सहयोग किया जाना चाहिये और महिला उद्यमी उन्हें जागरूक बनाने के प्रयास करें

बारिश से सर्दी में बढ़ोत्तरी दर्ज हुई